भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कल जयपुर में पत्रकारों को यह जानकारी दी

श्री सैनी ने यात्रा में हो रहे खर्चे के बारे में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि सरकारी कार्यक्रम में जो खर्च हो रहा है वह सरकार वहन कर रही है तथा यात्रा पर शेष खर्च पार्टी वहन कर रही है गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने भाजपा से यात्रा के खर्चे का हिसाब मांगा हैं

उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है और जान माल को हुए व्यापक नुकसान पर चिंता भी व्यक्त की है श्रीमती राजे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजस्थान सरकार और राजस्थान के लोग केरलवासियों के साथ हैं और उन्हें हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने को तैयार हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि आज सभी मतदान केन्द्रों पर पुनरीक्षण कार्यकम के तहत विशेष अभियान चलाकर नये नाम जोड़ने या हटाने और संशोधन करने का काम किया जा रहा है

श्री भामू कल झूंझनूं में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत झुंझुनू में करीब सात हजार घरों को बिजली के कनेक्शन मिलेंगे इसके बाद ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो

हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से जनता भी स्वच्छता के इस महा अभियान में अपना योगदान दे रही है

अलवर जिले के नौगावां थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के डंपर की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया

वहीं बूंदी के मादूंदा में खेत पर इंजन चलाते समय पैर फिसल कर कुंए में गिर जाने से एक किसान की मौत हो गई

पुलिस ने बताया कि आरोपी जयपुर शहर में सरकारी भूमि पर बसी अवैध कॉलोनीयों के मकानों के फर्जी पट्टे बनाकर मकान मालिकों को बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर फर्जी पट्टे वितरित कर ठगी कर रहे थे